एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि स्रक्षा बलों ने शानदार बहादुरी और पेशेवर दक्षता का परिचय दिया है उन्होंने कहा है कि स्रक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में सबसे निचले स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को निशाना बनाने की नापाक साजिश को विफल कर दिया है इससे पहले जम्मू कश्मीर के नगरोटा में आतंकियों के साथ एनकाउंटर के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अग्वाई में आज हाईलेवल मींटिग हुई बैठक में केंद्रीय ग़ह मंत्री अमित शाह एन एस ए अजित डोभाल विदेश सचिव के साथ सभी ख्पिया एजेंदियों के अफसर मौजूद रहे

इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश सेंट्रल जोन के आई जी पी इजाक पर्टिन पुलिस अधीक्षक राजीव रंजन सिंह सहित कई अधिकारी उपस्थित थे अपने संबोधन में श्री उपाध्याय ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान राज्य पुलिस ने फ्रंट लाइन वर्कस के साथ अच्छा योगदान दिया है उन्होंने कहा कि इस दौरान प्रस्तावित आठ नियमित पुलिस स्टेशन और तीन महिला पुलिस स्टेशन के भवन का निर्माणकार्य विभिन्न चुनौतियों के बावजूद प्राथमिकता से किया जा रहा है उन्होंने कहा कि इसमें से तवांग महिला पुलिस स्टेशन पहले ही शुरु हो चुका है और अब आज से पासीघाट में महिला पुलिस स्टेशन भी कार्यरत हो गया है श्री उपाध्याय ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाएं रखने के लिए पुलिस स्टेशनों में बुनियादी सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है

अरुणाचल प्रदेश महिला कल्याण सोसायटी न्यीशी न्यिम आचम ऑल न्यीशी छात्र संघ मिस अरुणाचल एसोसियेशन सहित कई अन्य संगठनों ने मामले की त्वरित सुनवाई और अभियुक्त लिसि रोनी की महिला दोस्त की गिरफ्तारी की मांग की है अरुणाचल प्रदेश महिला कल्याण सोसायटी की अध्यक्ष ग़मरी रिंगू ने इस मामले के सभी अभियुक्तों को फांसी की सजा देने की मांग की ताकि राज्य में इस तरह के जघन्य अपराध करने वालों को एक कड़ा संदेश दिया जा सके

श्रीमती रिंग् ने य्वाओं से बह विवाह से बचने की अपील करते हुए कहा कि इस अपराध के पीछे यह प्रमुख कारण है संवाददाताओं से प्रछे गए एक सवाल के जवाब में ईटानगर राजधानी क्षेत्र के प्लिस अधीक्षक जिम्मी चिराम ने कहा कि प्लिस ने स्थानीय ड्राइवरों के सहयोग से सघन तलाशी के दौरान डिक्रोंग नदी से हत्या में कथित रुप से उपयोग किए गए हथौड़े को बरामद कर लिया है उन्होंने कहा कि इस मामले में सबूत एकत्र करने के लिए पुलिस की एक टीम तिरप जिले में भेजी गई है

राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार मृतक व्यक्ति कई अन्य बीमारियों से ग्रस्त था ग़रुवार को राज्य में कोविड के इकतीस नए मामले दर्ज किए गए और पिच्चासी व्यक्ति स्वस्थ हए प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार एक सौ सत्ताईस है और अबतक चौदह हजार आठ सौ व्यक्ति स्वस्थ हो चुके है कल दर्ज किए गए नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से पांच वेस्ट कामेंग और ईस्ट सियांग से चार चार लोअर दिबांग वैली लेपादारा जिले से तीन तीन सियांग से दो चांगलांग तिरप तवांग वेस्ट सियांग लोहित और लोअर सुबनसिरी जिले से एक एक मामले शामिल है इधर अरुणाचल प्रेस क्लब ईटानगर में आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए इंडियन मेडिकल एसोसियेशन की अरुणाचल इकाई ने बताया कि तोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान के ब्लड बैंक और अरुणाचल कैंसर वेलफेयर सोसायटी के साथ मिल्मकर आगामी तेईस नवंबर से अट्टाईस नवंबर तक ट्रिम्स नाहरलगुन में प्लाज्मा डोनेशन ड्राइव चलाया जॅगा